जेईई मेन्स का परिणाम घोषित देश में हंडरेड पर्सेटाइल प्राप्त करनेवाले छह उम्मीदवारों में झारखंड के बोकारो के साकेत झा भी शामिल राज्य के छह जिले गढ़वा गोड्डा गिरिडीह पलामू पाकुड़ और खूंटी में अब कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं अब तक मिले संक्रमित हो चुके हैं स्वस्थ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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अब से थोरी देर पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत और बंगलादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह पुल भारत बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय और मैत्रीपूर्ण संबांधों का प्रतीक होगा प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान त्रिपुरा में कई ढांचागत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी यह मैत्री सेत् फेनी नदी पर बनाया गया है जो त्रिपुरा राज्य और बंगलादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और ढांचागत विकास निगम लिमिटेड ने किया है

लगभग दो किलोमीटर लम्बा यह पुल भारत में सबरूम और बंगलादेश में रामगढ़ को जोड़ता है इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और परस्पर संपर्क बढ़ेगा मैत्री सेतु के उद्घाटन से बंगलादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह तक पहुंचने के लिए त्रिपुरा पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार बन गया है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अनुसार कल घोषित संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य जेईई मेन्स के परिणामों में छह उम्मीदवारों ने हंड्रेड परसेंटाइल हासिल किये हैं इनमें झारखंड के बोकारो के साकेत झा दिल्ली के प्रवर कटारिया और रंजिम प्रबल दास गुजरात के अनंत कृष्णी किदांबी महाराष्ट्र के सिद्धांत मुखर्जी और चंडीगढ़ के गुरमित सिंह शामिल हैं

इनमें विदेशों में स्थित नौ केन्द्र शामिल थे

इस वर्ष से यह परीक्षा वर्ष में चार बार आयोजित की जायेगी ताकि विद्यार्थियों को अपने अंक सुधारने का और मौका मिल सके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकेयानायडू और गृह मंत्री अमितशाह ने कोलकाता अग्निकांड पर दुख व्यक्त किया है एक ट्वीट में श्री कोविंद ने कहा कि इस दुख को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति शोक व्यक्त किया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की उपराष्ट्रपति एम वैंकयानायडू ने ट्वीट संदेश में कोलकाता के पूर्वी रेलवे के मुख्यालय की इमारत में लगी आग में मारे गये लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की गृहमंत्री अमित शाह ने भी मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वे उनके परिजनों के साथ हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता की आग दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की प्रधानमंत्री ने इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के निकट संबंधियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से दो दो लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है

सरायकेला खरसावां जिला बार एसोसिएशन के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है

चुनाव को लेकर कल बार एसोसिएशन की जनरल बॉडी की एक बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से वरिष्ठ अधिवक्ता मधुसूदन महापात्र को रिटर्निंग ऑफिसर तथा जलेश कवि को हेड रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया

उसी दिन शाम में वोटों की गिनती के बाद परिणाम की घोषणा की जायेगी

झारखंड के छह जिलों में सभी कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इनमें गढ़वा गोड्डा गिरिडीह पलामू पाकुड़ तथा खूंटी शामिल हैं खूंटी में एकमात्र मरीज सक्रिय था जो स्वस्थ हो गया है इधर राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान तिरपन नये कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख बीस हजार तीन सौ बारह पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल चौवालीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छट्टी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होनेवालों की क्ल संख्या बढ़कर एक लाख अठारह हजार सात सौ सैंतालीस पहंच गई है राज्य में कल किसी भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है और अबतक मरने वालों की कुल संख्या एक हजार तिरानबे है राज्य में कोरोना के सकिय मामलों की संख्या घटकर चार सौ बहतर पहुंच गई है

वहीं दूसरी ओर दस हजार तीन सौ बीस लोगों को कोरोना का दूसरा टीका लगाया गया

सातवें वेतनमान के अनुसार बकाया भुगतान की मांग को लेकर झारखंड के छह मेडिकल कॉलेजों के लगभग सात सौ जूनियर डॉक्टरों ने कल से ओपीडी बहिष्कार की घोषणा कर दी रांची स्थित रिम्स के अलावा पलामू हजारीबाग दुमका धनबाद और जमशेदपुर स्थित मेडिकल कालेज व अस्पतालों में मरीज कल इलाज के लिए परेशान रहे

इस रैली के दौरान जो अम्यर्थी उत्तीर्ण होंगे वो मेडिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा में भाग ले पायेंगे सभी अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज और एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य होगा अभ्यर्थी भर्ती वर्ष के दौरान केवल एक विशिष्ट श्रेणी में भाग ले सकते हैं

वहीं रैली में आने वाले युवाओं की इंट्री ठहरने की व्यवस्था रिफ्रेशमेंट शौचालय इत्यादि की व्यवस्था को बारे में जानकारी ली

जायजा के दौरान रांची के सिटी एसपी सौरभ अनुमंडल पदाधिकारी समीरा एस जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश एनडीसी केके अग्रवाल भी मौजूद रहे

गोड्डा जिले की महिला किसानों को जागरूक आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए कई केंद्रीय और राज्य के कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है टपक सिंचाई बौछारी सिंचाई और आधुनिक कृषि मशीनों से दक्ष करने के लिए गोड्डा के कृषि अधिकारी और वैज्ञानिक कई प्रयास कर रहे हैं कृषि वैज्ञानिक और गृह विज्ञानी डॉ प्रगतिका मिश्रा ने बताया कि गोड्डा की कृषक महिलाएं पुरुषों की तरह मेहनत कर रही हैं और विभिन्न उत्पाद बाजारों में ला रही हैं सरायकेला से खरसावां को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के बुरुडीह स्थित रेलवे फाटक पर आज और कल दिन के ग्यारह बजे से शाम पांच बजे तक बंद रहेगा इस दौरान रेलवे फाटक से यातायात व्यवस्था बाधित रहेगी रेलपथ के वरिष्ठ अनुभाग अभियंता संदीप कुमार ने बताया कि इस दौरान रेलवे फाटक में रेल पथ मरम्मत और गेट मेंटेनेस का कार्य किया जाएगा